मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और उनके परिजनो को विभिन्न योजनाओं में दिये जा रहे लाभ की सतत निगरानी भी की जायेगी प्रदेश में एक जुलाई से चलाया जायेगा किल कोरोना अभियान पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन

सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए ब्याज में तीन प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की विकास कोष डेयरी मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों में ढांचागत निवेश को प्रोत्साहन देगा इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में किसान उत्पादक संघ मध्यम एवं लघू उद्योग तथा अन्य कम्पनियां निजी क्षेत्र की कम्पनियां और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल होंगे सीएम श्रमिक संवाद प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत राशन उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही इसकी सतत निगरानी भी की जा रही है ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में प्रवासी श्रमिकों एवं रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकृत नियोक्ताओं और रोजगार प्रदाताओं से फेसबुक लाइव और वेबकास्टिंग के माध्यम से कही उन्होंने बताया कि सात लाख तीस हजार श्रमिक और उनके पांच लाख उन्यासी हजार परिजन प्रदेश वापस लौटे हैं उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए राज्य सरकार सभी संभव प्रयास कर रही है

हालांकि एक हजार आठ सौ पचास से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं

पोखरियाल केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वाविद्यालय अनुदान आयोग से इंटरमीडियट और टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाओं तथा शैक्षिक सत्र कैलेंडर के बारे में पहले जारी दिशा निर्देशों पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है श्री निशंक ने यह सुझाव छात्रों शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया

जिसकी शुरुआत भोपाल से की जायेगी वायरस नियंत्रेण और स्वास्थ्य जागरुकता से इस महत्वपूर्ण अभियान में सरकार और समाज साथ साथ काम करेंगे उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत हर परिवार सुरक्षित रहेगा इसके लिए दल गठित किये जा रहे हैं इसमें कोविड मित्र भी बनाये जायेंगे जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिए काम करेंगे

प्रदेश में अब डोर दु डोर विस्तृत सर्वे के माध्यम से संदिग्ध रोगी की शीघ्र पहचान और उपचार अधिक आसान हो जायेगा कांग्रेस प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया इस दौरान सभी जिला शहर और ब्लाक मुख्यालयों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साइकिल से मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार को अपने अपने कर कम करना चाहिये जिससे आम लोगों को राहत मिल सके वहीं इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने साइकिल रैली निकाली इसी तरह के प्रदर्शन राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों पर किये गये उधर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में डीजल और पेट्रोल के दामों में पांच रुपये कम करने की बात कही थी लेकिन उन्होंने दो रुपये बढ़ा दिये थे मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र किया जायेगा श्री चौहान ने भोपाल में पत्रकारो से कहा कि मंत्रिमंडल से जुड़े सभी पहलुओं को लेकर प्रदेश संगठन से भी चर्चा हो गयी है इस संबंध में आज भोपाल में एक बैठक हुई जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा संगठन महामंत्री सुहास भगत शामिल हुए वहीं मुख्यमंत्री शीघ्र ही इस मसले पर केन्द्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली जाएंगे

यह पुरस्कार पंचायतों में सूचना और संचार प्रोद्योगिकी का बेहतर उपयोग और कामकाज में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है जानकारी के अनुसार प्रदेश की पंचायतों ने योजनाओं के ऑनलाइन कियान्वयन और ऑनलाइन आय व्यय के लिए बेहतर तरीके से विभागीय पोर्टलों का उपयोग किया है गौरतलब है कि केन्द्र सरकार प्रति वर्ष सूचना प्रोद्योगिकी के उपयोग से पंचायतो द्वारा उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए तीन श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान करती हैं दुर्गावती आज वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है

इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजली देते हुए कहा कि दमोह जिले का यह सौभाग्य है कि वीरांगना दुर्गावती की कर्मस्थली सिंग्रामपुर रही और यही उनकी पहली राजधानी थी उन्होंने कहा कि कार्ययोजना बनाकर सिंग्रामपुर का विकास किया जायेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया मौसम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने सिस्टम के चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है जिससे अगले दो दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून संभावना जताई गई है

इस अवसर पर केन्द्रीय विदेश मंत्री ने कहा है कि चिप वाले ई पासपोर्ट पर काम जारी है